ग्लेशियर गिरने से श्रीखण्ड यात्रा मार्ग अवरूद्व चार श्रद्दालु घायल यात्रा रोकी गई

शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा युवा पीढ़ी में नशे का बढ़ता सेवन गम्भीर समस्या राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि नशा मुक्ति अभियान प्रदेश में अभी जन आंदोलन नहीं बन पाया है उन्होंने इस दिशा में अभी और प्रयास करने पर बल देते हुए कहा कि इसमें सभी वर्गो के सहयोग की जरूरत है ताकि युवा वर्ग को नशे से मुक्ति मिल सके राज्यपाल आज राजभवन शिमला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे

राज्यपाल के सम्मान में प्रदेश सरकार ने कल रात शिमला में राजकीय रात्रि भोज का आयोजन भी किया इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज राजभवन जाकर राज्यपाल को प्रदेश में उनके सफल कार्यकाल के लिए बधाई दी श्रीखण्ड प्रसिद्ध श्रीखण्ड यात्रा के मार्ग पर पार्वती बाग के पास नैन सरोवर नामक स्थान पर ग्लेशियर के टूट कर गिरने से यात्रा मार्ग अवरूद्व हो गया है इसके चलते प्रशासन ने फिलहाल यात्रा को रोक दिया है

इस बीच श्रीखण्ड यात्रा के दौरान एक श्रद्वालु की मौत की सूचना है मृतक श्रद्वालु की पहचान महाराष्ट्र के पुणे के निवासी सुभाष के रूप में हुई है मृतक का शव कल शाम तक निरमण्ड पहुंचने की सम्भावना है किन्नर कैलाश यात्रा इधर किन्नर कैलाश यात्रा समिति के अध्यक्ष व कल्पा के एसडीएम अविनेन्द्र शर्मा ने कहा है कि खराब मौसम और अत्यधिक बर्फ के चलते किन्नर कैलाश यात्रा पर प्रतिबन्ध को सख्ती से लागू किया जा रहा है अविनेन्द्र शर्मा ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि यात्रा रास्ता और मौसम के अत्यधिक खराब होने के लेकर समिति ने अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है और फिलहाल इस यात्रा की ईजाजत नहीं दी जाएगी

पहाड़ से खिसक कर बड़ी बड़ी चट्टाने सड़क पर आ गिरी हैं बंद सड़क को खोलने के लिए सीमा सड़क संगठन ने मशीनरी लगा दी है हालांकि अभी तक सड़क बहाल नहीं हो पाई है इस बीच किन्नौर में एक बार फिर वर्षा का सिलसिला भी आरम्भ हो गया है

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मण्डी स्थित सेरी मंच पर कारगिल ज्योति को लेकर आए सेना के दल का स्वागत किया जाएगा

उन्होंने ये भी कहा कि सेब उत्पादक क्षेत्रों में सड़कों की हालत खराब है और ट्रक मालिक इन सड़कों पर जाने से इनकार कर रहे हैं उन्होंने सरकार से खराब सड़कों को तुरन्त ठीक करने की मांग की है इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कुमारहट्टी में एक भवन के गिरने के कारणों की जांच के लिए पार्टी की पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की है सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि युवा पीढ़ी द्वारा नशे का सेवन गम्भीर समस्या है उन्होंने युवाओं को नशा छोड़ देश व प्रदेश के रचनात्मक कार्य में अपनी उर्जा का इस्तेमाल करने की अपील की सुरेश भारद्वाज आज शिमला में सैल्यूट तिरंगा संस्था और पतंजलि योगपीठ द्वारा नशा मुक्त हिमाचल की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए सभी का सहयोग आवश्यक है भारद्वाज ने ये भी कहा कि पड़ोसी राज्यों मे प्रचलित नशे के कारोबार से हिमाचल भी प्रभावित हुआ है डेजी ठाकुर इस बीच राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाक्र ने कहा है कि नशा घरेलू हिंसा का मुख्य कारण है उन्होंने कहा कि नशे के कारण ही महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं इसलिए नशे की प्रवृति का उन्मूलन करना अनिवार्य है डेजी ठाकुर आज सिरमौर जिला के सरांह में आयोजित एक दिवसीय महिला जागरूकता शिविर के मौके पर बोल रहीं थी उन्होंने कहा कि प्रदेश में पीएनडीटी एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने से राज्य में कन्या जन्म दर में व्यापक सुधार हुआ है सदस्यता प्रदेश भाजपा महामंत्री व पार्टी के सदस्यता अभियान के प्रभारी राम सिंह ने कहा है कि भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों में भारी उत्साह है